समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में अपना और अपने पति चंद्रशेखर वर्मा का नाम आने के बाद मंजू वर्मा ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा विपक्षी दल कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से श्रीमती वर्मा और उनके पति के संबंध जाहिर होने के बाद लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे मीडिया रिपोर्टो के अनुसार सीबीआइ जांच में ब्रजेश ठाकुर के कॉल डिटेल्स से ये बात पता चली कि मंजू वर्मा के पति की ब्रजेश ठाकुर से बात होती थी मोबाइल फोन के सीडीआर से खुलासा हुआ है कि जनवरी से अब तक दोनों के बीच सत्रह बार बात हुई वहीं जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि चंद्रशेखर वर्मा ब्रजेश ठाकुर के साथ कई बार दिल्ली भी जा चुके हैं ब्रजेश ठाकुर के ड्राईवर ने सीबीआई को बताया कि मंजू वर्मा के पति बालिका गृह अक्सर आया करते थे इस बीच श्रीमती वर्मा ने अपने इस्तीफे के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया है उन्हें और उनके पति को राजनीतिक विद्वेष के कारण इस मामले में फंसाया जा रहा है उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि उनके पति पूरी तरह निर्दोष हैं श्रीमती वर्मा ने कहा कि जिस मोबाईल सीडीआर के आधार पर उनके पति को विपक्षी दलों द्वारा दोषी करार दिया जा रहा है उस सीडीआर को सार्वजनिक किया जाना चाहिए साथ ही इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की जिन और लोगों से बात होती थी उनका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए श्रीमती वर्मा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण उन्हें और उनके पति को लोगों से बात करनी होती है उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई और पटना हाईकोर्ट पर पूरा विश्वास है वे और उनके पति मामले में निर्दोष साबित होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जायेगा श्री कुमार ने कहा कि कोई कितने भी रसूख वाला क्यों न हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जायेगी इधर राजद कांग्रेस और वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों ने मंजू वर्मा के इस्तीफे का स्वागत किया है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इस्तीफे से विपक्ष का यह आरोप सच साबित होता है कि इस जघन्य कांड में सरकार के लोगों की भी संलिप्तता है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के स्वयंसेवी संस्थाओं की मुख्य कर्ताधर्ता बतायी जाने वाली मधु को नेपाल के वीरगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीरगंज के एक होटल में मधु रह रही थी हालांकि गिरफ्तारी की अभी तक आधिकारिक प्रष्टि नहीं हो सकी है वहीं दूसरी तरफ इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकूर समेत दस अन्य आरोपियों की आज पोक्सो अदालत में पेशी हुई पेशी के लिये कोर्ट ले जाने के क्रम में परिसर में पहले से खड़ी कुछ महिलाओं ने ब्रजेश ठाकुर के चेहरे पर काली स्याही फेंक दी इधर समाज कल्याण विभाग ने पिछले पांच साल के दौरान मुजफ्फरपुर में पदस्थापित रहे विभाग के अधिकारियों की सूची और उनके गृह जिले के बारे में जिला प्रशासन से जानकारी मांगी है सूत्रों ने बताया कि पांच वर्ष की अवधि में मुजफ्फरपुर में तैनात रहे सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक और कार्यक्रम पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है देश भर के जेलों की समस्याओं पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जेलों की अमानवीय स्थिति से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम बी लोकुर न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि यह समिति समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव देगी न्यायालय ने कहा कि जेल सुधारों के लिए भारत सरकार के दो या तीन अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर विचार करेंगे

मामले की अगली सुनवाई सत्रह अगस्त को होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की इक्कीस तारीख को देश भर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की छह सौ पचास शाखाओं का शुभारंभ करेंगे संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इन बैंक शाखाओं के कार्यरत हो जाने से बैंकिंग सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति होगी उन्होंने कहा कि डाक विभाग के डेढ़ लाख से अधिक सुविधा केन्द्रों तीन लाख डाकिये और ग्रामीण डाक सेवकों की सहायता से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश का सबसे बड़ा नेटवर्किंग बैंक हो जायेगा डाक विभाग के पेमेंट बैंक द्वारा सेविंग और करेंट बैंक एकाउंट मनी ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य प्रकार की व्यावसायिक भुगतान की सुविधाएं प्राप्त होंगी राज्यसभा के उपसभापति पद के लिये कल होने वाले चुनाव के लिये एनडीए की ओर से जदयू सांसद हरिवंश ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी के हरिप्रसाद ने भी विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जतायी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बोधगया नवादा मशरख और मोहनियां में दो दो सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुनपुन नदी श्रीपालपुर में लगातार चार दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में बागमती मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में और कोसी नदी सुपौल के बसुआ तथा खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर है वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के वभन टोला गांव स्थित एक झोपड़ी से पुलिस ने लगभग दस लाख रूपये मूल्य की एक सौ इक्यासी कार्टन विदेशी शराब बरामद की है बेगूसराय जिले के नीमाचांदपुर थाना क्षेत्र के इसफाघाट पुल पर बालू लदे ट्रैक्टर से नौ सौ पैंसठ बोतल शराब जब्त की गयी है वहीं गया रेलवे स्टेशन से प्रलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है इधर प्रर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के दिपहि चौक के पास पुलिस ने एक व्यक्ति को सात सौ पचास बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में शराब कारोबारियों को गिरफ्तार करने गयी पूलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया जिसमें सात पुलिसकर्मी घायल हो गये मुजफ्फरपूर जिले के अहियापूर थाना क्षेत्र के गरहा चौक के पास एक बस के पलट जाने से तीन यात्रियों की मौत हो गयी जबकि पंद्रह से अधिक यात्री घायल हो गये पुलिस ने बताया कि बस दिल्ली से फारबिसगंज जा रही थी चालक द्वारा वाहन पर से नियंत्रण खो देने के कारण बस सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी जिससे यह हादसा हुआ घायलों का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है वहीं भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया पुल के पास कार के पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गये पूर्वी चंपारण जिले में हरसिद्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत गायघाट पुल के पास एक मिनी बस और डम्पर के बीच आमने सामने की टक्कर में बारह यात्री घायल हो गये

वैशाली जिले के हाजीपुर मंडल कारा में एक कैदी की मौत हो गयी मृतक कुछ दिनों से बीमार चल रहा था खगड़िया जिले के मरइया थाना के घोड़ाकाट गांव से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है लखीसराय जिले के मेदनीचौकी थानाध्यक्ष को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है जमुई जिले के गिद्धौर स्टेशन के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के सुहई गांव में एक व्यवसायी की हत्या से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या सतहत्तर को जाम कर प्रदर्शन किया